केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि प्रे देश में कोविड का टीका सभी को म्फ्त में लगाया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन आज श्रू हए कोविड टीकाकरण प्र्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीके की स्रक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से ग्मराह ना हों उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशानिर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहत सफल रहा उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण प्र्वाभ्यास चार राज्यों में पहले किए गए प्र्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर में भी कोविड टीकाकरण के दो ड्राईरन आयोजित किए गए इनमें एक ड्राईरन नाहरलग्न के राकब स्थित अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और द्रसरा इटाफोर्ट स्थित हैल्थ सेंटर में आयोजित किया गया

श्री मोदी ने आज वर्च्अल माध्यम से ओडिसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलप्र के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अन्सार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान च्नौती को अवसर में बदलते हए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जूडे लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी

दोनो ने एक दूसरे को नववर्ष की श्भकामनाए देते हुए राज्य के विकास श्खहाली और शांति की कामना की राज्यपाल और म्ख्यमंत्री ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार दवारा चलाई जा रही परियोजनाओ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की राज्यपाल ने मियाओ विडयनगर सड़क मार्ग के निर्धारित समय पर प्रा करने में हो रही देकी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की

इस दौरान म्ख्यमंत्री ने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हए पंचायत च्नावो के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ और रिक्त पदो पर भर्ती के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी

स्थानीय लोगो के विकास में नदियों के महत्व और साहसिक पर्यटन की संभावनाओ पर प्रचार प्रसार के लिए गत तेईस दिसंबर को अरुणाचल के गेलिंग से निकले रिवर राफ्टिंग दल के सदस्यों में एक महिला राफ्टर भी शामिल है अभियान का आयोजन लिविंग विद रिवर की थीम पर किया जा रहा है और इनका समापन आगामी तीस जनवरी को असम के ध्ब्री जिले में होगा

कल सक्रिय मामलो में चार हजार की कमी आई है इसके साथ ही यह करीब दो लाख पच्चास हजार रह गए है रोजाना आने वाले नये मामले भी बीस हजार से कम रह गए है कल कोरोना के करीब उन्नीस हजार नये मामले सामने आए संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी स्धार हआ है और यह छियानवे दशमलव एक दो प्रतिशत पर पहँच गई है अब तक निन्यानवे लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो च्के है कल बाइस हजार नौ सौ लोग स्वस्थ हए है कल देशभर में कोरोना से दो सौ चौबीस लोगो की मृत्यु हुई है इधर अरुणाचल प्रदेश में श्क्रवार को कोविड संक्रमण का एक भी नया मामले दर्ज नही किया गया जबकी राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई है